उन्होंने कहा कि जल्द ही इस भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए हर संभव कार्य कर रही है इस बीच मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर में प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के राज्य स्तरीय सम्मेलन को भी संबोधित किया इस मौके जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए युवाओं का अहम योगदान रहता है उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी युवा मोर्चा पूरे जोश के साथ कार्य करेगा और भाजपा चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी

मारकंडा कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने आज किन्नौर जिले के जंगी खारी गोम्पा में करीब तीन करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुस्तकालय का शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ये पुस्तकालय एक वर्ष के भीतर बन कर तैयार हो जाएगा उन्होंने कहा कि जंगी में पर्यटन की अपार संभावना है और पर्यटन के विकास से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे

उन्होंने इस दौरान जनसमस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को इनके समाधान के निर्देश दिए इससे पूर्व कृषि मंत्री ने पाटरी व पवारी में भी लोगों की समस्याएं भी सुनी

ये जानकारी ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज मलांगड़ ग्राम पंचायत में नवनिर्मित हॉल के लोकार्पण पर लोगों को संबोधित करते हुए दी उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को मज़बूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से करीब सौ करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कुल्लू के लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में कल सायं दशहरा के अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव का विधिवत श्भारंभ किया इस अवसर पर दशहरा उत्सव की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये उत्सव हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करने का आहवान किया राज्यपाल ने युवा पीढी को नशे से दूर रहने की नसीहत भी दी उन्होंने दशहरा उत्सव समिति की ओर से कुल्लू जिला से शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया इस बीच दशहरा उत्सव के दौरान ग्रामीण खेल उत्सव और उत्तर क्षेत्रीय वालीबॉल प्रतियोगिता का पुलिस विभाग के मध्य रेंज के डीआईजी कपिल शर्मा ने आज श्भारंभ किया खेल उत्सव में वालीबॉल के अलावा कबड़डी और महिलाओं की रस्सा कस्सी प्रतियोगिता करवाई जा रही है कपिल शर्मा ने कहा कि खेलों के आयोजन का उददेश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध करवाना है ताकि गांव का युवा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना हुनर दिखा सके शोक मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने पंजाब के अमृतसर में कल दशहरा उत्सव के दौरान हई दुर्घटना पर गहरा दःख व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी दुर्घटना पर शोक जताया है उन्होंने अपने शोक संदेश में दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हए इस हादसे की जांच तेजी से पूरी करने का पंजाब सरकार से आग्रह किया है सैजल सोलन में आज विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने की इस दौरान उचित मूल्य की दुकानों में इंटरनेट की धीमी गति के चलते लोगों को आ रही समस्या पर विशेष रूप से चर्चा की गई सैजल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए